नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में राजद से निलंबित विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव समेत छह आरोपितों को दोषी करार दिया गया है इन सभी पर सजा के बिंदु पर सुनवाई इक्कीस दिसंबर को होगी राजधानी पटना स्थित सांसदों और विधायकों के मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने राजवल्लभ प्रसाद यादव को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो ऐक्ट के तहत द्वष्कर्म का दोषी करार दिया है विशेष अदालत ने बीते तीन दिसंबर को मामले में अंतिम बहस की सुनवाई प्ररी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव को छह फरवरी दो हजार सोलह को एक नाबालिग के साथ अपने आवास पर द्वष्कर्म के आरोप में दोषी पाया गया है वहीं अदालत ने अन्य आरोपितों को अपहरण बलात्कार में सहयोग करने और अनैतिक देह व्यापार का दोषी माना है इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल बाईस गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया जबकि आरोपितों की ओर से पंद्रह गवाहों का बयान कलमबंद कराया गया था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा के एनडीए से अलग होने के बाद भी पार्टी का राजनीतिक संकट बना हुआ है आज पटना में पार्टी के दोनों बागी विधायक सुधांशु शेखर और ललन पासवान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वे अभी भी एनडीए में हैं वहीं पार्टी के एकमात्र विधान परिषद के सदस्य संजीव श्याम सिंह ने भी उपेन्द्र क्शवाहा से किनारा करते हये एनडीए में बने रहने की बात कही है इन्होंने श्री क्शवाहा पर व्यक्तिवादी राजनीति करने का भी आरोप लगाया है दोनों विधायक और विधान परिषद के सदस्य ने पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ कार्यालय पर भी अपना दावा किया है इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की सूत्रों के अनुसार श्री कुशवाहा जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं श्री कुशवाहा के महागठबंधन में शामिल होने के बाद घटक दलों के बीच लोकसभा चूनाव को लेकर सीटों का फार्मूला तय हो जाने की सम्भावना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले पांच सालों में राज्य के एक करोड़ हनरमंद यूवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा श्री क्मार आज भागलपूर जिले में आयोजित नियोजन सह अप्रेंटिसशिप मेले के उद्घाटन के बाद अयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में कौशलय्क्त य्वाओं की काफी मांग है उन्होंने कहा कि इसे देखते हये केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से यूवाओं को हनरमंद बनाने के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही है श्री क्मार ने कहा कि प्रशिक्षित यूवा ही प्रदेश और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं इस अवसर पर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा और जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी उपस्थित थे केन्द्रीय राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राफेल मामले में कांग्रेस देश को गूमराह करने का काम कर रही है श्री सिंह ने नवादा में पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे पर निगरानी की जांच की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर कांग्रेस के झूठ को बेनकाब कर दिया है उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को देश से मांफी मांगनी चाहिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता के सामने विपक्षी दलों की पोल खुल गयी है वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर सी पी ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है श्री ठाक्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट है कि विपक्ष सत्ता हासिल करने के लिए राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर भी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियां वंशवाद परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है श्री राय ने आज समस्तीपुर में कहा कि इन दलों ने अपने शासन के दौरान किसानों और नौजवानों को ठगने का काम किया है अमेरिका बिहार में मातृत्व और नवजात शिशु के पोषण क्षेत्रों में किये गये उल्लेखनीय कार्यों का अध्ययन कर रहा है अमेरिका की यात्रा पर गये उपमुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी ने बताया कि बिहार के लिए यह गर्व का विषय है कि स्टेनफोर्ड विश्विद्यालय में छह से अधिक शोधकर्ता बिहार के मातृत्व और नवजात शिश् के पोषण के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गये कार्यों पर शोध कर रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि दो हजार उन्नीस के अंत तक राज्य के सभी लोगो को नल का शुद्ध जल उपलब्ध करा दिया जायेगा श्री कुमार ने आज शेखपुरा में कहा कि सरकार की ओर से इस योजना की बड़े पैमाने पर निगरानी की जा रही है राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पछ्आ हवा चलने से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर भी अगले दो से तीन दिनों में राज्य में देखने को मिलेगा इस दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाये रहने की संभावना व्यक्त की गयी है जबकि भागलप्रर सहित उसके आसपास के इलाकों में ब्रंदाबांदी भी हो सकती है आज प्रदेश में सबसे कम तापमान गया में आठ दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि पटना का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रहा इधर कोहरे के कारण कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावि हुआ है रेलवे ने सम्भावित कोहरे को देखते हुये आज से पन्द्रह जनवरी तक सात जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि भौतिकतावाद और अपसंस्कृति के दौर में भारत की आध्यात्मिकतापरक संस्कृति ही पूरी दुनियां को कुशल मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है श्री टंडन आज पटना में प्रान्तीय यूवा उत्कर्ष समारोह का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति भोग नहीं बल्कि त्याग और साधना पर आधारित आध्यात्मिक उन्नयन में विश्वास करती है राज्यपाल ने कहा कि अपनी विरासत को संभालते हुए ही देश की युवा पीढ़ी भारत को विश्व्गुरू की गरिमा पुनः दिला सकती है पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच जल परिवहन शुरू हो गया है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण आईडब्ल्यूएआई का पोत गंगा नदी के जरिए कोलकाता से कंटेनर कार्गो लेकर पहली बार पटना के गायघाट टर्मिनल पहुंचा है पोत परिवहन मंत्रालय ने कोलकाता पटना के बीच आठ सौ पन्द्रह किलोमीटर लंबी जलयात्रा को ऐतिहासिक बताया है मूजफ्फरपूर जिले के जैतपूर ओपी के गोविंदपूर गांव से पूलिस ने एक हजार लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक करोबारी को गिरफ्तार किया है वहीं जमूई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के खैरा सोनो मूख्य मार्ग पर नरयना पूल के पास उत्पाद विभाग ने एक वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है इधर बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से भी विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के भूनाचौक के पास से पूलिस ने एक ऑटो से लगभग चार सौ अस्सी बोतल प्रतिबंधित कफ सीरप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है आकाशवाणी पटना के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर किशोर सिन्हा द्वारा रचित छह नाटकों का संग्रह अपनी कथा कहो का लोकार्पण आज पटना में किया गया बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन में आयोजित कार्यक्रम में बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेप्ररा के पूर्व कुलपति डॉक्टर अमरनाथ सिन्हा ने श्री सिन्हा की कृति का लोकार्पण किया इस अवसर पर सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ महाराष्ट्र के वरिष्ठ कवि डॉक्टर सुनील केशव देवधर और डॉक्टर भगवती प्रसाद द्विवेदी भी उपस्थित थे मूजफ्फरपूर जिले के बखरी में एसबीआई के ग्राहक सेवा केन्द्र से हथियारबंद अपराधियों ने डेढ़ लाख रूपये लूट लिये खगड़िया जिले के राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या एक सौ सात पर कोसी और बागमती नदी के संगम पर बने ड्मरी पूल के जीर्णोद्वार के कार्य का उद्घाटन पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव उन्नीस दिसम्बर को करेंगे अररिया में खेले जा रहे जिला क्रिकेट लीग मुकाबले में फारबीसगंज क्रिकेट अकेडमी ने एम्बीशन क्रिकेट क्लब जोकीहाट को एक सौ उनहत्तर रनों के विशाल अन्तर से हरा दिया है वहीं बेग्सराय में आयोजित राज्यस्तरीय जूनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट के महिला और प्रूरष वर्ग में भागलप्र की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है